श्री मोदी ने कल टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि सरकार ने रोजगार सुजन के लिए चार क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है ये हैं कृषि बुनियादी ढांचा वस्त्र और प्रौद्योगिकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वर्षा दो हजार बीस इक्कीस का आम बजट पेश किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सोलह सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा श्री मोदी ने कहा कि आध्रनिक अवसंरचना नए भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि बजट से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए साझा ऑनलाइन परीक्षा किसान रेल और कृषि उड़ान जैसी योजनाओं से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे

आरोग्य मेला प्रदेश के चार हजार दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा इसका आयोजन सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक होगा नौगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले को स्वास्थ्य जागरूकता का विशाल अभियान बताया उन्होंने कहा कि ् आरोग्य मेले में स्वास्थ्य विभाग के अलावा समाजसेवी संगठनों की सहभागिता भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्य रखने की सरकार की प्रतिबद्धता के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक रविवार को आरोग्य मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चन्दौली में एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया है जिसका शिलान्यास जल्द होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नही हैं वहां कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर खोला जाय इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयू मान भारत योजना के लामार्थियों को गोल्डेन कार्ड वितरित किये आरोग्य मेले में मरीजों को समस्त ओपीडी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी गोरखपुर जनपद के अडसठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर भी आज आरोग्य मेले का आयोजन हुआ

इस अवसर पर एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी सीएमओ डॉक्टर श्रीकान्त तिवारी भी मौजूद रहे बलरामपुर जिले में सभी स्वास्थ्य कोन्द्रों पर भी मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया जिले में सदर विकास खण्ड के जोकाहिया गांव में विधायक पल्टू राम ने आरोग्य मेले का गुभारम्म किया केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण का एक और मामला सामने आया है यह व्यक्ति पहले चीन गया था और वहां से लौटने पर वह इस संक्रमण से ग्रस्त पाया गया कोरोना वायरस के लिए परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए इस व्यक्ति को अल्पुझा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया है इससे पहले भारत में इस वायरस के एक अन्य मरीज की पुष्टि भी केरल में हुई थी उधर चीन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ चार हो गई है इस वायरस से चीन में चौदह हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श में कहा गया है कि ई वीजा पर चीन से भारत की यात्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है यह परामर्श चीनी पासपोर्ट धारकों और चीनी गणराज्य में रहने वाले अन्य राष्ट्रों के निवासियों के आवेदनों के संदर्भ में लाग होगा पहले से ई वीजा प्राप्त व्यक्तियों से कहा गया है कि उनका वीजा अब वैध नहीं है आपात स्थिति में भारत की यात्रा करने वाले लोग पेइविंग में भारतीय द्रतावास अथवा शंघाई या क्वांग्जू स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों से संपर्क कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नमभूमि दिवस के अवसर पर आज जनपद बलरामपुर में बर्ड फेस्टिवल डे का आयोजन किया गया कुआनो वन रेंज के हरबंशपुर पंछी जलाशय पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पक्षियों के प्रकार और पर्यावरण के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गयी कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के बसरही बाजार में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को मृत्यु हो गयी पुलिस के अनुसार दोनों युवक पतहना सुजानगंज से अपने घर जा रहे थे तभी बदलापुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी